् आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने आज फिर आंदोलन की राह पकड़ी भरतपुर के पीलूपुरा में डाला महापड़ाव सरकार ने समझाइश के प्रयास किये तेज ्देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा मृत्यु दर में भी निरन्तर कमी दर्ज ्वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निरंजन कुमार आर्य ने राज्य के नये मुख्य सचिव का पदभार संभाला कहा सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना रहेगी प्राथमिकता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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

मतदान के आमतौर पर शांतिपूर्ण रहने के समाचार हैं शहर की सरकार चुनने के लिये गुलाबी ठंड के बीच जोर शोर से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया

कोरोना महामारी के बीच संपन्न मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने समुचित व्यवस्था की थी कोरोना संक्रमित मतदाताओं को भी हैल्थ प्रोटोकोल के साथ सबसे अन्त में वोट डालने का मौका दिया गया

जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह का गृह जिला होने के कारण यहां नगर निगम चुनाव दोनों के लिये प्रतिष्ठा का विषय बना हआ है इधर हमारे कोटा संवाददाता ने बताया कि वहॉ सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला शामिल रहे उन्होने गुलाबी ठंड के बीच सुबह के समय ही अपना वोट डाला

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आहवान पर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में गुर्जरों ने महापड़ाव डाला प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दे रहा है और शांतिपूर्ण समाधान के लिये गुर्जर नेताओं से बातचीत के प्रयास किये जा रहे हैं

इस बीच भरतपुर सहित गुर्जर बाहुल्य आठ जिलों में रासुका लगा दी गई है

दोनो जिलों में इंटरनेट सेवायें भी स्थगित कर दी गई हैं दूसरी ओर करौली और दौसा जिलों में रोडवेज बस सेवा आगामी आदेश तक बन्द कर दी गई है

चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए नये नियम अधिसुचित किये गये हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है

नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर भी बल दिया गया है

एलपीजी उपभोक्ताओं को अब गैस सिलेण्डर बुक कराने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर ओंये ओटीपी को बताना होगा

इधर एसबीआई ने बचत खातों में एक लाख रूपये से कम की जमा पर ब्याज दर चौथाई फीसदी घटा दी है दूसरी ओर रेलवे में भी आज से गाड़ियों की नई समय सारिणी लागू की गई है

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से एक हजार पांच सौ इक्यानवे व्यक्ति रिकवर हुये हैं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

इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रर्देश के विकास के लिये चलाये जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी गौरतलब है कि निवर्तमान मुख्य सचिव राजीव स्वरूप कल सेवानिवृत्त हो गये थे

आरोपी ने टिडडी नियंत्रण के लिये लगे वाहन का बकाया बिल भुगतान की एवज में यह राशि मांगी थी

रात में पारे की गिरावट के साथ ही दिन के तापमान में भी कमी दर्ज की जा रही है

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में सर्दी के और बढने की संभावना है

कोरोना महामारी के कारण पवित्र सरोवरों पर विशेष एहतियात बरती जा रही है

इधर बूंदी के केशोरायपाटन स्थित चर्मण्य नदी तट पर लोग कोरोना गाईडलाईन की पालना करते हुये पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं

प्रतियोगिता में बने रहने के लिये दोनों के बीच आज के मैच में करो या मरो की स्थिति रहेगी